पचपन प्रतिशत से अधिक हुआ मतदान मतगणना दस नवम्बर को

और प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार हो रही है कमी

बुलेटिन की शुरूआत से पहले ये संकल्प कोविड उन्नीस महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है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

इस चरण में किशनगंज कटिहार अररिया और मधेपुरा सहित पंद्रह जिलों के अठहत्तर विधानसभा क्षेत्रों में वोट डाले गये चुनाव आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पचपन प्रतिशत से अधिक मतदान हुआ है मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एच आर श्रीनिवास ने बताया कि अन्य जिलों से मतदान की रिपोर्ट आने के बाद मतदान के प्रतिशत में और बढ़ोतरी हो सकती है सबसे अधिक किशनंगज में साठ प्रतिशत और सबसे कम वैशाली जिले में पचास प्रतिशत मतदान हुआ है तीसरे चरण में एक सौ दस महिला समेत एक हजार दो सौ चार उम्मीदवारों की चुनावी किस्मत ईवीएम में बंद हो गयी

यहां लगभग बावन प्रतिशत से अधिक मतदान की खबर है उप चुनाव में सात प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एच आर श्रीनिवास ने बताया कि यह चुनाव काफी चुनौतीपूर्ण रहा लेकिन मतदाताओं के सक्रिय सहयोग और सभी पक्षों के दायित्वपूर्ण रवैये के कारण चुनाव सफलतापूर्वक सम्पन्न कराया गया

उन्होंने कहा कि इस बार ढ़ाई लाख प्रवासियों के नाम बहुत ही कम समय में वोटर लिस्ट में जोड़ा गया इधर नालंदा जिले के हिलसा विधानसभा क्षेत्र के तीन मतदान केन्द्रों पर भी शांतिपूर्वक पुनर्मतदान हुआ इस निर्वाचन क्षेत्र के बूथ संख्या बावन बावन ए और पचपन में फिर से मतदान कराया गया गौरतलब है कि तीन नवंबर को दूसरे चरण के मतदान वाले दिन ईवीएम और चुनाव ड्यूटी में लगे कर्मचारियों को ले जा रही वैन दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी जांच के बाद चुनाव आयोग ने पाया था कि तकनीकी कारणों से ईवीएम में खराबी आ गई थी सीमांचल क्षेत्र के जिले अररिया से हमारे संवाददाता ने बताया है कि मतदान केन्द्रों पर महिलाओं में खासा उत्साह देखा गया

तीसरे और अंतिम चरण में अठहत्तर सीट के लिए आज वोट डाले गये मतों की गिनती दस नवंबर को होगी सभी जिलों में मतगणना की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है मधुबनी जिले के बेनीपट्टी से निर्दलीय उम्मीदवार नीरज झा की कोरोना संक्रमण से आज मौत हो गयी है नीरज झा चुनाव प्रचार के दौरान कोरोना पॉजिटिव हो गये थे जिसके बाद उनको पटना एम्स में भर्ती कराया गया था सुपौल जिले के राघोपुर क्षेत्र के रामपुर कन्या मध्य विद्यालय के मतदान केन्द्र में पदस्थापित एक मतदान कर्मी की हृदय गति रूक जाने से मौत हो गयी उधर मज़ुफ्फरपुर में भी औराई के ब्रथ संख्या एक सौ नब्बे पर एक पीठासीन अधिकारी की हार्ट अटैक से मौत हो गयी अररिया जिले के जोकीहाट विधानसभा क्षेत्र से राजद उम्मीदवार सरफराज अहमद पर आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के मामले में प्राथमिकी दर्ज की गयी उन पर मतदान केन्द्र पर वोटिंग के दौरान पार्टी सिम्बल लेकर पहुंचने का आरोप है तीसरे और अंतिम चरण की अठहत्तर विधानसभा सीटों पर राजद ने सबसे अधिक छियालीस उम्मीदवार उतारे हैं कांग्रेस के पच्चीस भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के दो और भाकपा माले के पांच उम्मीदवार चुनाव मैदान में है वहीं जदयू के सैंतीस भाजपा के पैंतीस विकासशील इंसान पार्टी के पांच और हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा के एक उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं इसके साथ ही लोक जनशक्ति पार्टी के बयालीस राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के इकतीस राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के तेईस और बहुजन समाज पार्टी के उन्नीस उम्मीदवारों की किस्मत भी ईवीएम में बंद हो गयी है तीसरे चरण में तीन सौ बयासी निर्दलीय उम्मीदवार भी चुनाव मैदान में हैं पिछले विधानसभा चुनाव में इन सीटों पर जद्य को तेईस राजद और भाजपा को बीस बीस कांग्रेस को ग्यारह निर्दलीय को दो और भाकपा माले तथा रालोसपा को एक एक सीट पर जीत मिली थी तीसरे और अंतिम चरण के विधानसभा चूनाव में कई राजनीतिक दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी विकासशील इंसान पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी जन अधिकार पार्टी प्रमुख पप्पू यादव के अलावा बारह मंत्रियों के राजनैतिक भाग्य का फैसला इस चरण में होना है मंत्रियों में जदयू से बिजेंद्र प्रसाद यादव नरेंद्र नारायण यादव रमेश ऋषिदेव खूर्शीद उर्फ फिरोज अहमद लक्ष्मेश्वर राय बीमा भारती मदन सहनी और महेश्वर हजारी हैं जबकि भाजपा कोटे से मंत्री प्रमोद कुमार सुरेश कुमार शर्मा विनोद नारायण झा और कृष्ण कुमार ऋषि शामिल हैं राजद के कद्दावर नेता रमई राम मुजफ्फरपुर जिले के बोचहां विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं सतहत्तर साल के रमई राम दस बार यहां से विधायक रह चुके हैं वहीं उन्नीस सौ सतहत्तर से दो हजार पन्द्रह के बीच सात बार विधायक रहे राजद के नेता अब्दुल बारी सिद्दिकी दरभंगा जिले के केवटी से चुनावी मैदान में हैं इनके अलावा प्रमुख उम्मीदवारों में राजद की लवली आनंद कांग्रेस की सुभाषिनी यादव और शकील अहमद खां सीपीआई के राज्य सचिव राम नरेश पांडेय राजद की रितु जायसवाल और प्लुरल्स पार्टी की पुष्पम प्रिया चौधरी शामिल हैं भाजपा के दिवंगत नेता और पूर्व मंत्री विनोद सिंह की पत्नी निशा सिंह और दिवंगत मंत्री कपिल देव कामत की बहू मीना कामत भी चुनावी मैदान में हैं प्रदेश में कोविड संक्रमण से स्वस्थ होने की दर बढ़कर छियानवे दशमलव चार चार प्रतिशत हो गया है पिछले चौबीस घंटों में एक हजार मरीजों के स्वस्थ होने के साथ ठीक होने वालों की संख्या बढ़कर लगभग दो लाख चौदह हजार हो गयी है स्वास्थ्य विभाग से जारी आंकड़ों के अनुसार आठ सौ उन्नीस नये मामलों की पुष्टि के साथ ही संक्रमितों की संख्या दो लाख इक्कीस हजार आठ सौ ग्यारह हो गयी है आज सबसे अधिक पटना जिले में दो सौ बासठ मरीजों की पुष्टि हुई है इस वैश्विक महामारी से राज्य में अब तक एक हजार एक सौ छत्तीस मरीजों की मौत हो चुकी है दरभंगा हवाई अड़डे के विद्यापति टर्मिनल से यात्री विमान सेवा कल से शुरू हो रही है स्पाईस जेट का विमान दरभंगा से दिल्ली मुम्बई और बेंगलुरू के लिए उड़ान भरेगा हवाई अड्डा प्राधिकरण और विमान सेवा कम्पनी ने सभी जरूरी उपकरणों के साथ कर्मियों की तैनाती कर दी है इस सेवा के लिए टिकट की बुकिंग पहले से ही जारी है

पचपन प्रतिशत से अधिक हुआ मतदान मतगणना दस नवम्बर को

और प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार हो रही है कमी